मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा इस बार का कोरोना ज्यादा घातक राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थान परीक्षाएं और आंगनबाड़ी केंद्र अगले आदेश तक के लिए रहेंगे बंद

स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य में कोरोना मरीजों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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

अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में कोविड की स्थिति की वर्चअल माध्यम से समीक्षा करते हुए श्री मोदी ने संक्रमित लोगों के संपर्क में आये लोगों का पता लगाने और जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने पर बल दिया उन्होंने देश के सभी डॉक्टरों और अन्य चिकित्साकर्मियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संकट के इस समय में ये सब पूरी वफादारी से अपना फर्ज निभा रहे हैं

उन्होंने कहा कि इससे कुछ राज्यों में बिस्तरों की कमी की समस्या दूर की जा सकेगी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे अस्पतालों या ब्लॉकों का विवरण लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा

इन अस्पतालों या ब्लॉकों में कोविड रोगियों के लिए अलग से प्रवेश और निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए कोविड वार्ड और ब्लॉकों में ऑक्सीजन सहित बिस्तरों आईसीयू बिस्तरों वेंटीलेटरों प्रयोगशालाओं और रसोई के अलावा स्वास्थ्यकर्मियों की व्यवस्था होनी चाहिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज कहा कि कोरोना संक्रमण के मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार ने प्राथमिक स्तर पर कृछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं इसके तहत राज्य के सभी स्कूल कॉलेज आईटीआई संस्थान कोचिंग संस्थान ट्रेनिंग संस्थान आंगनबाड़ी केंद्रों को अगले आदेश तक के लिए बंद रखने का निर्णय लिया गया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्कूल कॉलेज तथा संस्थागत जितनी भी परीक्षाएं होनी थी इन परीक्षाओं को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है उन्होंने कहा कि एक महीने के उपरांत फिर राज्य सरकार इसकी समीक्षा करेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष परिस्थिति में सरकार द्वारा समय समय पर संक्रमण को नियंत्रित करने के निमित्त आवश्यक निर्णय लिया जाएगा उन्होंने कहा कि कोरोना को लोग बहत हल्के में न लें पहले के संक्रमण की तुलना में अभी यह घातक रूप में सामने आया है इस बार बच्चे बुढ़े और नौजवान सभी इसकी चपेट में आ रहे हैं

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को संक्रमण के प्रति सचेत करते हुए कहा केवल विशेष परिस्थिति में ही घरों से निकलें

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कहा कि भारत सरकार ने सभी राज्यों में जन स्वास्थ्य केंद्रों में प्रेशर स्विंग एडशॉर्प्शन पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की स्वीकृति दी है

आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ दिल्ली हरियाणा केरल महाराष्ट्र पुदुचेरी पंजाब और उत्तर प्रदेश में एक एक संयंत्र लगाया गया है पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है इसको लेकर जिला प्रशासन गंभीर हो गया है जिला प्रशासन मरीजों के इलाज और उनकी देखभाल की व्यवस्था दुरुस्त करने में जुट गया है

इनमें से दो व्यक्तियों की मौत शनिवार को हुई है

उपायुक्त अनन्य मित्तल ने चक्रधरपुर के रेलवे अस्पताल को भी देखा और उसकी व्यवस्था और बेहतर करने का निर्देश दिया

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि केंद्र सरकार इस दवा की सस्ती दर पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है रेमडेसिविर को गंभीर कोरोना रोगियों के बेहतर इलाज में प्रभावी पाया गया है

इससे इस दवा की उत्पादन क्षमता प्रतिदिन डेढ लाख शीशी बढ जाएगी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि राज्य में सारे शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिये गए हैं झारखंड लोक सेवा आयोग सहित अन्य सारी परीक्षाओं को अभी स्थगित कर दिया गया है उन्होंने कहा कि सभी कोचिंग संस्थान प्रशिक्षण संस्थान सहित अन्य सभी निजी और सरकारी संस्थानों को बंद कर कोरोना संक्रमण के चेन सिस्टम को रोकने का प्रयास किया गया है उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की भयावता को देखते हए आगे और भी कड़े कदम उठाये जा सकते हैं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी नहीं है वर्तमान में सात हजार टन ऑक्सीजन है और मुख्यमंत्री के प्रयास से एक हजार ऑक्सीजन के सिलेंडर दिल्ली से आ रहे हैं रेलवे विभाग ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाडियां चला रहा है जिनसे कोविड मरीजों के लिए भारी मात्रा में और तेजी से ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके रेल मंत्रालय ने कहा है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाडियों के तेजी से आवागमन के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं रेल विभाग तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर के मालवहन के लिए पूरी तरह से तैयार है झारखंड में खाली ऑक्सीजन सिलेंडरों को भरने के लिए जमशेदपुर और बोकारो को डिपो बनाया गया है कोरोना काल में हुए लॉक डाउन का सरायकेला खरसावां जिले के वनक्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है

दुकानदारों का कहना था कि जान है तो जहान है क्योंकि जब सरकार बढते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लाँक डाउन नहीं कर रही है तो लोगों का फर्ज बनता है कि अपनी रक्षा स्वयं करें लोहरदगा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एवं फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल लोहरदगा के आह्वान पर प्रतिष्ठानों को बंद किया गया व्यापारियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि प्रशासन के द्वारा समय समय पर सभी प्रतिष्ठानों और सड़कों में सैनिटाइजेशन कराया जाए

गुमला चेंबर ऑफ कॉमर्स ने सप्ताह में एक दिन रविवार को व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को पूर्ण बंदी रखने का ऐलान किया है हालांकि आवश्यक सेवाओं को देखते हुए बंदी के दिन रविवार को भी मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे गोड्डा जिले के शहरी क्षेत्रों में आज प्रशासन द्वारा दुकानों का सर्वेक्षण किया गया गोड्डा प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए सभी दुकानदारों को सुझाव दिया सर्वेक्षण के दौरान कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन नहीं करने के आरोप में आज तीन दुकानों को सील किया गया